श्री मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और करोड़ों लोग इससे सशक्त होंगे आज आपको जो अधिकार मिला है मेरी बहुत बघाई है आपको ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है आपका घर आप ही का ही है आपके घर में आप ही रहेंगे आपके घर का क्याद उपयोग करना है इसका निर्णय अब आप ही करेंगे ना सरकार उसको कोई दखल कर सकती है ना अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है

संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा और इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय स्विधाएं मिल सकेंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है सम्पत्ति कार्ड की यह योजना गावों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सम्पत्ति का रिकार्ड होगा तो नागरिकों में विश्वास भी बढ़ेगा और वे निवेश के नए अवसरों का लाभ भी उठाएंगे श्री मोदी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश में बहुत सी कमियों को दूर करने का लगातार काम किया गया है आज देश में बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है और लोग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं छह दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे ये खाते अब जा करके खुले हैं छह दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शखन नहीं था आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है

साथियो दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शसन के लिए सोच भी नहीं सकता था आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है

प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड संबंधी उपायों को अपनाकर सुरक्षित रहने का भी संदेश दिया

उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक सम्पत्ति कार्ड वितरित करने वाला राज्य है कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बाराबंकी जनपद के दो लाभार्थियों से संवाद भी किया और उनसे स्वामित्व योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री द्वारा आज शुरू की गई स्वामित्व योजना की सराहना करते हुए इसे एतिहासिक कदम बताया उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामवासियों को उनकी भूमि का स्वामित्व मिलेगा जिससे गांव का सर्वांगीण विकास होगा बाइट आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घरौनी की योजना शुरू की है स्वामित्व की अभी तक किसी कृषि सुधारों में खेतों का स्वामित्व खतौनी के रूप में मिलता था लेकिन आबादी में जब गांव में कोई भी अपना भूखण्ड में मकान बनाकर रहता था उसका कोई स्वामित्व नहीं होता था इसके साथ ही गांव में विवाद होता था जिसके कारण उस स्वामित्व न होने के कारण उसको उस मकान पर कोई कर्ज नहीं मिल सकता था लेकिन आज यह देश के गांव के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि जब गांव के खेत के खतौनी के साथ अब जिस मूखंड पर उसका घर है उसको घरौनी का लाभ मिलेगा

पदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाल लोग स्वामित्व योजना और सम्पत्ति कार्ड वितरण से बहुत खुश हैं लोगों ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आयेगा

प्रमाण पत्र मिलने के बाद बरौलिया निवासी राम कुमार ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने से अब बैंक से कर्ज ले सकेंगे लाभार्थी बाइटआज जो हमें प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वामित्व योजना के अन्तर्गत घरौनी प्रमाण पत्र मिला है उससे हम लोगों को बहुत ही ख्रशी की बात है क्योंकि अभी तक हम लोगों ये नहीं पता था कि हमारा गांव में घर तो है लेकिन कहां है और उसका न कोई कागज था आज जैसे हम लोगों को पता लगा कि हमारा भी घर है और हमारे घर का भी कार्ड कागज है जिससे हम लोग बहुत खुश हैं

लाभार्थी उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना से गांव में भूमि और संपत्ति विवाद समाप्त होंगे बाइट मुझे स्वामित्व योजना का कार्ड मि गया है मैं अपनी जमीन पर जो है निर्माण कर सकता हूं सरकारी योजना के तहत लोन ले सकता हूं इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है

उन्होंने कहा कि एकीकृत कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर पर्ण क्षमता के साथ संचालित रहे और इनकी मॉनीटरिंग जिलाधिकारी एव सीएमओ द्वारा की जाए

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड से बचाव एव सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किय जाने के निर्देश दिये

इस दौरान अटठाइस हजार से ज्यादा सक्रिय मामले कम हुये हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के तीन हजार तीन सौ अड़तालीस नये मामले सामने आये हैं इस दौरान तीन हजार चार सौ सत्रह रोगी स्वस्थ हो गये हैं अब तक तीन लाख नब्बे हजार पांच सौ छाछठ रोगी पूर्णतया ठीक हो गये हैं श्री प्रसाद ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर नवासी दशमलव तीन सात प्रतिशत हो गयी है राज्य में कोरोना क चालीस हजार उन्नीस सक्रिय मामले हैं

स्कूलों को फिर से खोले जाने के दौरान आवश्यक एहतियात के लिए मानक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा कल जारी किए गये उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि छात्रों को इस दौरान स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी

स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पाली के बाद स्कूल और कक्षाओं को विसंक्रमित करना जरूरी होगा

सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस जांच के लिए एक दल गठित कर दिया गया है